स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाने में हिमाचल अव्वल

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को नये भारत का एक क्रांतिकारी कदम बताया है उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए

नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत के एक साल पूरे होने पर आयोजित आरोग्य मंथन के कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत देश भर के मरीजों के इलाज को सुनिश्चित करता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पर मोबाइल ऐप की शुरूआत भी की परमार इस बीच स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम के समापन सत्र में मौजूद रहे कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाने में देशभर में अव्वल राज्य बन गया है

बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सकारात्मक सोच के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया है वे आज शिमला के चौड़ा मैदान में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान के अवसर पर बोल रहे थे राज्यपाल ने पर्यटन स्थलों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई और कहा कि सभी को अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए इस दौरान नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित स्थानीय निवासियों और स्कूली विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कृशल नेतृत्व में पार्टी ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मुख्यमंत्री ने धर्मशाला और पच्छाद में होने वाले उपचुनाव में लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन देने का आग्रह भी किया

उन्होंने कहा कि योजना के तहत बागवानों के कलस्टर बनाकर उन्नत किस्म के फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के धवाली और बहरी में आज जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही महेन्द्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए

इस अवसर पर देश सहित भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री आश्रम को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रमुख संदेश था कि स्वच्छता ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है इधर प्रदेश में भी गांधी जयंती पर स्वच्छता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इससे पूह और काजा के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप्प है पूह के एसडीएम अश्वनी क्मार ने बताया कि जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि पहाड़ी कच्ची होने से सड़क बहाल करने में दिक्कत आ रही है

ये दिन वृद्वजनों के योगदान को पहचानने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुददों की जांच करने के उददेश्य से मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला में हए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में बुजुर्गो के अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है

सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से अभिभावकों और बुजुर्गों की सेवा करने का आह्वान भी किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के युग में खेल प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है और इससे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है शिमला के राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में आज लड़कों की अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की डाईट राशि को बढ़ाया गया है ताकि खेलों के दौरान उनके लिए खाने की उचित व्यवस्था की जा सके

लाहौल आलु लाहौल स्पिति ज़िले के रोगमुक्त बीज आलू की प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भारी मांग रहती है

वहीं फसल के बेहतर दाम मिलने से घाटी के किसान भी बेहद खुश हैं

उपायुक्त ने योजना के सफल संचालन के लिए सभी से सहयोग देने का आहवान भी किया

बरागटा मुख्य सचेतक व जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत्त है शिमला जिले के जुब्बल में स्वच्छता ही सेवा और नशा निवारण जागरूकता शिविर के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही बरागटा ने प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर इससे फैलने वाले प्रदूषण के प्रति कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत पर भी बल दिया